विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान न्यू पैंशन स्कीम के संबंध में पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने नई पेंशन स्कीम लागू कर दी है इससे पहले विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और माकपा के राकेश सिंघा के मूल सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पेंशन मामले में भारत सरकार के नियमों को लाग करता है जबकि वेतनमान के मामले में पंजाब का अनुसरण करता है

उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी

वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के एक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में सीमेंट के दामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार सीमेंट कंपनियों के साथ बैठक कर इन्हें दाम घटाने के लिए मजबूर करेगी उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में सीमेंट के दामों में ज्यादा वृद्वि नहीं हुई है और ये दाम पिछले साल के बराबर ही हैं वाकआउट विधानसभा में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी का मामला गूंजा प्रश्नकाल के बाद विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को रात के अंधेरे में गिरफ्तार करने की कड़ी निंदा की और कहा कि इसे किसी भी सुरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अग्निहोत्री को सदन में इस मामले को उठाने की इजाजत नहीं दी जिस पर विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से उठ गए और नारेबाजी करने लगे विपक्ष के लगातार नारेबाजी करने के बाद सत्तापक्ष के विधायक भी अपनी सीटों से उठे और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे काफी देर तक चले हंगामे के बाद विपक्ष ने सदन से वाकआउट कर दिया मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने विपक्ष के वाकआउट की निंदा करते हुए कहा कि यह मामला कोर्ट से जुड़ा है उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद ही पी चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता है

संकल्प प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसी साल राज्य के सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में आईसी टी लैब स्थापित की जाएगी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज विधानसभा में गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के तहत कर्नल इंद्र सिंह द्वारा लाए गए संकल्प के जवाब में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मेधावियों को इसी साल लैपटॉप बांट दिए जाएंगे सुरेश भारद्वाज ने शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को किसी न किसी पॉलिसी केे तहत विभाग में समाहित करने की संभावनाओं का पता लगाने की भी बात कही मंत्री के जवाब से संतुष्ट विधायक इंद्र सिंह ने बाद में अपना संकल्प वापस ले लिया

कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई द्वारा गिरफतार किए जाने की कड़ी निंदा की है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने केन्द्र सरकार पर जांच एजैंसियों के द्ररूपयोग का आरोप लगाया है राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी न्यायिक व्यवस्था का पूरा सम्मान करती है और उन्हें विश्वास है कि पी चिदंबरम को न्यायालय से पूरा न्याय मिलेगा जलजनित रोग सोलन जिले में इन दिनों जलजनित रोग का प्रकोप बढ़ गया है और विभिन्न प्रकार के रोगी रोजाना अस्पताल में आ रहे हैं

उन्होंने लोगों को पानी उबाल कर पीने की सलाह दी है

प्रतियोगिता का शुभारंभ मंडी के उप शिक्षा निदेशक अशोक शर्मा ने किया